संसद में इस विघेयक के पारित हो जाने के बाद इसी वर्ष मार्च में उच्चतम न्यायालय का वह फैसला बेअसर हो जाएगा जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि एक टीवी समाचार चैनल के एक वरिष्ठ अधिकारी और दो अन्य कर्मचारियों ने सरकार के दबाव में इस्तीफा दिया है श्री राठौड़ कल लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि संबंधित चैनल जब गलत समाचारों का प्रसारण कर रहा था तब भी उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था

इसके अलावा करीब पौने तीन करोड़ ड्प्लिकेट और फर्जी राशन कार्ड भी रद्द किए गए हैं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा आज राजसमंद जिले के चारभूजा मंदिर से शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

उदयपुर जोधपुर और अजमेर संभाग में यात्रा सात सात दिनों की होगी

वस्तु और सेवा कर परिषद की आज नई दिल्ली में विशेष बैठक होगी जिसमें छोटे व्यापारियों की शिकायतों का समाधान निकालने पर विचार विमर्श किया जायेगा परिषद के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इन दिनों हर व्यापार को ऑनलाइन किया जा रहा है छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन कारोबार प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केएस झवेरी को ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है

काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर कल जोधपुर के जिला और सत्र न्यायालय में बहस हुई सलमान खान की ओर से फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर जाने के लिए हर बार अग्रिम अनुमति की अर्जी लगाने से छूट देने की मांग की लेकिन न्यायाधीश ने विदेश जाने के लिए स्थाई अनुमति देने से इनकार कर दिया अब सलमान खान को विदेश जाने से पहले हर बार न्यायालय से अनुमति लेनी होगी समयाभाव के कारण बहस पूरी नहीं हो पाई बहस आज भी जारी रहेगी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कल आयोजित की जा रही आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है आयोग ने अम्यर्थियों के लिये ड्रेस कोड लागू किया है